राजधानी जयपुर में कल से सरकारी और निजी दफ्तरों ने काम करना शुरू कर दिया है सचिवालय कृषि भवन सहित अन्य प्रमुख कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति बढने लगी है शहर की चारदीवारी को छोड़ बाकी स्थानों पर बाजार खूलने से व्यापारियों को बडी राहत मिली है हालांकि शहर में अभी सार्वजनिक परिवहन शुरू नहीं हुआ है राज्य के बाकी हिस्सों में नये दिशा निर्देशों के बाद वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू होने लगी हैं अजमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि शहर के कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों को छोड़कर बाकी सब इलाकों में दुकाने खुलने के कारण लोगों की चहल पहल नजर आने लगी है विभिन्न बाजारों में अब अजमेर की प्रसिद्ध केढी कचोरी की दुकानों पर भी ग्राहक पहुंचने लगे हैं इन्हें पैकिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है लंबे अरसे बाद कल से नाई की दुकानें खुलने से इनमें भी ग्राहक पहुंचे इनके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम पर गर्मी के कारण कूलर और एयर कंडीशन खरीदने के लिए भी ग्राहक आने लगे हैं इस बीच पुलिस ने बिना मास्क लगाए घ्रमने वाले लोगों पर कार्रवाई श्रू कर दी है वहीं टोंक जिले में लॉकडाउन चार के दौरान जारी दिशा निर्देशों के तहत बाजार आम दिनों की तरह ही खुले हालांकि शहर में ग्रामीण लोगों की आवाजाही शून्य रही बांसवाड़ा जिले में भी जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटता हुआ दिखायी दिया और सरकार की गाइड लाइन के मुताबिक मिली छूट के अनुसार दुकाने खुलीं

जिला कलेक्टर ने बताया कि इसके लिए जिला मुख्यालय पर जांच लैब तैयार की जा रही है

यह परीक्षा किसी बाहय केन्द्र पर नहीं होगी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह जानकारी दी है मंत्रालय जुलाई के अंत तक परीक्षा परिणाम घोषित करने की योजना बना रहा है इस दिशा में लॉकडाउन की घोषणा होने से पहले जिन विषयों की परीक्षाएं हो गई थी उनके मूल्यांकन की प्रकिया पहले ही शुरू हो चुकी है केन्द्रीय माध्यभिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन हो और छात्रों को अपने साथ सैनिटाइजर और चेहरे का मास्क लाना होगा ै वहीं गृह मंत्रालय ने राज्य शिक्षा बोर्ड सीबीएसई तथा अन्य बोर्डो की दसवीं और बारहवीं की परीक्षा करवाने संबंधी गतिविधियों को लॉकडाउन से छूट दे दी गई है आज गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर यह जानकारी दी हालांकि संक्रमित क्षेत्रों में परीक्षा केन्द्र नहीं बनाए जाएंगे अध्यापकों विद्यार्थियों तथा अन्य स्टाफ के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइड लाइन का पालन करना होगा अलग अलग बोर्डो को परीक्षा अलग समय पर ही करवानी होगी

शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज एक ट्वीट में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि डीडी राजस्थान पर एक जून से पढ़ाई शुरू होगी गौरतलब है कि आकाशवाणी के माध्यम से राज्य के छात्रों के लिए शिक्षा वाणी कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है

प्राधिकरण ने कहा कि राजस्थान गुजरात तभिलनाड़ छतीसगढ और केरल ने सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए इस योजना के तहत सबसे अधिक संख्या में लोगों को इलाज मुहैया कराया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ से ऊपर होने पर प्रसन्नता जताई है उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि दो वर्ष से भी कम समय में इस कार्यक्रम ने काफी संख्या में लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है

जयपुर रेलवे स्टेशन से आज बिहार के मधुबनी और त्रिवेन्द्रम के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां रवाना हुई जयपुर से रात को प्रयागराज के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाडी रवाना होगी अलवर से आज शाम झारखण्ड के डाल्टनगंज के लिए विशेष रेलगाडी रवाना हो रही है इस बीच बीकानेर से तीसरी श्रमिक स्पेशल गाडी बिहार के गया के लिए आज सबह रवाना हई जिसमें लगभग डेढ हजार यात्री सवार थे इस गाड़ी के एक यात्री ने अपनी खुशी का इजहार कुछ इस तरह किया केरल के थिरुर से रवाना हुई श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी भी आज हिंडौन सिटी पहुंची

जबकि साढे बारह लाख से ज्यादा लोगों ने प्रदेश आने के लिए पंजीयन कराया है

सभी हवाई अड़डों और विमानन कंपनियों को इस संबंध में सूचित किया जा रहा है और यात्रियों के आवागमन के लिए मानक प्रक्रिया मंत्रालय द्वारा अलग से जारी की जाएगी

सवाईमाधोप्र के कृषि अनुसंधान अधिकारी सुभाष शर्मा ने बताया कि इस पैकेज से किसानों की आय बढेगी किसानों की आत्म निर्भरता बढने से देश को भी आर्थिक समुद्धि मिलेगी